मतदान चौदह दिसम्बर को होगा

अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार चार सौ बानवे मरीज हुए स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और अर्घ्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की पूरी व्यवस्था की गयी है पटना औरंगाबाद दरभंगा और वैशाली समेत बारह जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है प्रशासन ने बुजुर्गो और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की है इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों से मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करने को कहा गया है

छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है छठ के मौके पर उपयोग में आने वाली पूजन सामग्री की खूब बिक्री हो रही है मौसमी फलों और सब्जियों से भी बाजार पटे हुए हैं इसके अलावा अलता गंडा और परता की भी बाजारों में भरमार है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है छठ के गीतों से पूरे प्रदेश का वातावरण गुंजायमान है होल्ड छठ गीत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परम्परा रही है उन्होंने कहा कि यह पर्व नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प ले और कोविड उन्नीस महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाये केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक डाक टिकट माई स्टैंप ऑन छठ पूजा जारी की छठ प्रजा पर माई स्टेम्प देश भर के प्रमुख डाकघरों और टिकट संग्रहालयों में उपलब्ध है एक विशेष लिफाफा भी जारी किया गया है जिसका विषय है छठ सादगी और स्वच्छता का प्रतीक

पटना के कलेक्ट्रेट घाट से और गंगा नदी के मोटर लांच से छठ की भव्यता और प्रजा का विवरण प्रसारित किया जायेगा इस प्रसारण को संध्या चार बजे से संध्या साढे पांच बजे तक सुना जा सकता है छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने आज से सात जोड़ी इंटरसिटी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तीस नवम्बर तक पूर्णतः आरक्षित सात जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा वहीं पटना समेत पाटलिप्त्र और सोनपूर से अलग अलग जगहों के लिए चार जोड़ी नये मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से शुरू होगा छठ पर्व को लेकर आज से कल तक पीपा पुल पर परिचालन नहीं होगा पुल के दोनों ओर घाटों पर छठ करने के लिए व्रतियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि कल दोपहर बाद पीपा पूल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जायेगा इधर महात्मा गांधी सेतु पर जाम से निपटने के लिए सेतु पर बालू लदे ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है

बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उप चुनाव के लिये निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी यह सीट पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है

चुनाव की अधिसूचना छब्बीस नवम्बर को जारी की जायेगी जबकि तीन दिसम्बर तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं मतदान चौदह दिसम्बर को होगा इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जायेगी राज्य सरकार ने सभी विभागां से संविदा पर होने वाली नियुक्ति को लेकर सूची मांगी है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव विभागीय सचिव और सचिव को पत्र भेजा है पत्र में सभी संवर्ग में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या स्वीकृत पद और खाली पदों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया है इसमें अवकाश प्राप्त लोगों के समायोजन की संख्या नहीं देने को कहा गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर छियानवे दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार चार सौ बानवे मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं बारह सौ नौ लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के सात सौ चौरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ पैंतालीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियालीस भागलपुर में तैंतीस और पश्चिम चंपारण जिले में इकतीस नये मामलों की प्रष्टि हुई है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है

वह इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आएं और कोरिश करे कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिस्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यही है कि सब एक दूसरे का बचाव करें देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालीस हजार चार सौ तिरानवे मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं वर्तमान में संक्रमण के करीब चार लाख तैंतालीस हजार तीन सौ तीन सक्रिय मामले है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में कुल पैंतालीस हजार पांच सौ से अधिक नए मामलों का पता चला है एक दिन में पांच सौ पचासी लोगों की संक्रमण से मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या एक लाख इकतीस हजार पांच सौ अठहत्तर हो गई है देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है मेडिकल काउंसेलिंग कमिटी की ओर से दूसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है इस चरण में जिन अभ्यर्थियों को काउंसेलिंग के पहले चरण में सीट नहीं मिली थी वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीट एलॉटमेंट की प्रक्रिया तेईस और चौबीस नवम्बर को होगी जबकि पच्चीस नवम्बर को परिणाम की घोषणा की जायेगी इधर प्रदेश के अड़तीस इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने मेरिटलिस्ट जारी कर दिया है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है सुबह और शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है पटना के न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है मौसम केन्द्र के अनुसार झारखंड के आस पास बने सिस्टम के प्रभाव से पटना बक्सर भभुआ रोहतास नालंदा नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है औरंगाबाद जिले के महाराजगंज रोड स्थित एक एटीएम का चेस्ट काट कर अपराधियों ने इक्कीस लाख से अधिक रूपये लेकर फरार हो गये समस्तीपुर के विद्यापति नगर में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है यह दिन हम सबको बच्चों के अधिकारों की तरफदारी करने बढ़ावा देने और उत्सव मनाने की प्रेरणा देता है यह बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर का शीर्षक है छठ की सीख स्वच्छता परमो धर्मः अखबार लिखता है सूर्य स्वच्छता का प्रतीक है जिसकी किरणे हवा और पानी को साफ करती हैं शरीर को भी निरोगी बनाती है दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है खरना सम्पन्न अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य आज प्रभात खबर का शीर्षक है चौरानवे हजार प्राइमरी शिक्षकों को नियोजन पत्र अगले माह दैनिक जागरण केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है स्वास्थ्यकर्मियों और ब्रजुर्गो को पहले मिलेगी वैक्सीन दैनिक आज और सहारा ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मेवा लाल चौधरी के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एक बजे पदभार तीन बजे इस्तीफा

मतदान चौदह दिसम्बर को होगा

अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार चार सौ बानवे मरीज हुए स्वस्थ